भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सोनभद्र और गाजीपुर में चुनावी रैलियों को किया संबोधित केन्द्र में मजबूत सरकार के गठन के लिये जनता से मांगा सहयोग लोकसभा के सातवें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कीं चुनावी रैलियां और जनसभाएं लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है जिन चौदह सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जौनपुर फूलपुर इलाहाबाद अंबेडकर नगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ मछली शहर और भदोही शामिल हैं इस चरण में प्रदेश में चौदह महिलाओं सहित एक सौ सतहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिन महत्वपूर्ण नेतओं के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुग्णा जोशी और मुकुट बिहारी वर्मा भाजपा नेता जगदंबिका पाल हरीश ट्विवेदी तथा कांग्रेस नेता संजय सिंह शामिल हैं

जौनपुर जिले में दो संसदीय सीटे हैं जौनपुर और मछली शहर सुरक्षित यहां पर भी तय समय से पहले ही मतदान केन्द्रों पर मतदाता पहुंच गये

सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है लोग कतार में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं

लोकसभा के सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सोनभद्र और गाजीप्र जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित किया सोनभद्र के राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा के सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर केन्द्र में भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो यहां की मुख्य पानी की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा और इसके लिये अलग से मंत्रालय का गठन किया जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिये बिजली का उत्पादन करने वाले इस जिले के बहुत से गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं उन्होंने कहा कि सोनथद्र प्रदेश के लिये सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाला जिला है लेकिन इसके बावजूद सपा बसपा के कार्यकाल में यहां कोई भी विकास नहीं हुआ है उन्होंने केन्द्र में मजबूत सरकार के गठन के लिये जनता से सहयोग की अपील की जब भी महामिलावटी सरकार होती है तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है जब तीसरे मोर्चे की महामिलावटी सरकार यही समाजवादी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल थी तब इन्होंने देश का क्या हाल कर दिया था महामिलावटी सरकार ने हमारे पूरे खुफिया तंत्र को ही अंदर से दीमक लगा दी थी खोखला कर दिया बर्बाद कर दिया था इसका खामियाजा पूरे देश को लम्बे समय तक भुगतना पड़ा

उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं थी भारत के पास इतना बड़ा सामर्थ्य पहले भी था लेकिन भाजपा सरकार से भी पहले की सरकार में वह हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसा फैसला ले सके ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि तब हासिल होती है जब राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो तभी आप में परमाणू परीक्षण जैसे बड़े फैसले करने की हिम्मत पैदा होती है तभी आप अंतरिक्ष में भी मिशन शक्ति की हिम्मत दिखाते हैं तभी आप आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे पाते हैं बाद में प्रधानमंत्री ने गाजीप्र में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया पिछले पांच वर्षो के दौरान गाजीप्र में कराये गये विकास कार्यो का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सपा और बसपा की जम कर आलोचना की लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियां और जनसभाए कर रहे हैं बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए एक जनसभा में कहा कि आज देश आतंकवाद भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने लोगों से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में एक मजबूत सरकार के गठन के लिये सोच समझ कर वोट करने की अपील की वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कल गोरखपुर में दो स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया लोकसभा चुनाव के बाद तेईस मई को होने वाली मतगणना को लेकर आगरा कमिश्नरी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में दस मंडल के पैंतालीस जिलों के जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों ने भाग लिया